केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पोलियो उन्मुलन की तरह कोविड का भी अंत करेगी

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की द्ररी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन के मददेनज़र भारत और इंग्लैंड के बीच दिसम्बर से अंतिम सप्ताह से स्थगित की गई उड़ाने आज बहाल कर दी गई है

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा कि सरकार इंग्लैंड में स्थिति पर नज़र रखे हये है और जरूरत पड़ने पर दोनों देशों के बीच हवाई सम्पर्क की समीक्षा की जायेगी

स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य के दो दिन के दौरेक पर है ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व् सरकार पोलियो उन्मूलन की तरह कोविड का भी अंत करेगी उन्होंने कहा कि जब से नरेन्द्र मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रिय कदम उठाये है संक्रमण और कोविड मरीज़ों की मृत्यु के मामले कम हो गये है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे है

उन्होंने कहा कि उपचार के बाद एक करोड़ से अधिक कोविड मरीज़ स्वस्थ्य होकर घर लौट आये है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में सरकार के डिजीटल कैलेंडर और डायरी एप्प का श्भारंभ किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पहले दीवारों पर लगने वाला सरकारी कैलेंडर अब मोबाइल फोन में होगा

उन्होंने कहा कि कार्यालयों मे कागज़ रहित शासन आ गया है और फाइलें अब ई फाईल के रूप में परिवर्तित हो गई है मंत्री ने कहा कि डिजीटल पर्यावरण के अनुकल एक पहल है

यह कैलेंडर और डायरी एप्प ग्गल एप्ल स्टोर और आईओएस स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इस एप्प को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आउट रीच एंड क्मूयनीकेशन ब्यूरो ने तैयार किया है इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे भी उपस्थित रहें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम दवारा पंचकूला में मर रही मूर्गियों की जांच के लिए रायप्र रानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अधिक जोखिम वाले क्षेत्र ेक तीन किलोमीटर के दायरे का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिन पोल्ट्री फार्मो में ज्याद मूर्गियां मरी है उनके तीन किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते है वहों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है पश्पालन विभाग के उप निदेशक सुखदेव राठी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम मुर्गियों के मरने के कारणों की जांच कर रही है श्री राठी ने बताया कि बर्ड फलू को लेकर विभाग चौक्स है

श्री राठी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जायेगी

फरीदाबाद जींद और झज्जर में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्य् भी हुई है केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जायेगी केन्द्र सरकार दवारा सभी राज्यों को इस मिशन के लिए सम्चित बजट का आंब्टन किया गया है

मंत्री ने गांवों में बनने वाली जल आपूर्ति मे महिलाओं को उच्च भागीदारी दिये जाने की वकालत भी की

उन्होंने बताया कि गोवा ने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है केन्द्रीय मंत्री ने पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारो द्वारा इस दिशा में जारी बजट का कम प्रयोग करने पर चिंता भी व्यक्त की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ग्रूग्राम विश्वविदयालय के एकीकृत मास्टर प्लान के प्रारूप का अनावरण किया

मीडिया से बातचीत मे मुख्यमंत्री ने बताया कि यह ग्रूग्राम का पहला ऐसा विश्वविदयालय होगा जो भगवान गणेश की आकृति जैसा दिखाई देगा इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उप क्लपति माकण्डेय आहजा ने बताया कि इस बार विश्वविद्यालय में पीएचडी की शुरूआत भी की जा रही है

हरियाणा विद्यालय ने दो व तीन जनवरी को ली गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के अभ्यार्थियों को ओएमआर की कॉपी ऑन लाइन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है बोर्ड के अध्यक्ष डा जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि अभ्यर्थी कल बाद दोपहर बोर्ड की वेबसाइट से ओएमआर डाउनलोड कर सकेंगे

इसके लिए अभ्यर्थियों को सौ रूपये का श्ल्क जमा करवाना होगा